मोदी धार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में जब सारा देश एक हो रहा है तब कुछ लोग देश को भ्रमित कर इस लड़ाई को कमजोर करना चाहते हैं उन्होंने पुलवामा हमले और उसके बाद वायुसेना द्वारा पाकिस्तान स्थित आतंकी शिविरों पर किये गये हमले पर कांग्रेस द्वारा सवाल उठाये जाने पर उसकी कड़ी आलोचना भी की आज धार में विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुये प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस पार्टी ने लम्बे समय तक देश पर शासन किया उसने हमारी पराक्रमी सेना के हाथ बांध कर रखे उनके नेता अब हमारे वीर जवानों के सामथर्य पर सवाल उठा रहे हैं उन्होंने पुलवामा हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा की गई जवाबी कार्यवाईयों का जिक्र करते हुये कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कांग्रेस के नरम रवैया के चलते ही पहले आतंकवादियों को मुहतोड़ जवाब नहीं मिल पाता था लेकिन आज पूरी दुनिया ने यह कह दिया है कि भारत ने जो किया वह सही है प्रधानमंत्री ने सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुये बताया कि आज ही उन्होंने राष्ट्रीय पेंशन योजना श्रमयोगी मानधन योजना की शुरूआत की है श्री मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष का नाम लिये बगैर कहा कि मध्यप्रदेश में उन्होंने किसानों के नाम पर वोट मांगे थे और कहा था कि दस दिन के भीतर पूरा कर्ज माफ कर दिया जायेगा लेकिन किसानों को अब तक कर्जमाफी का लाभ नहीं मिला पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने भी सभा को संबोधित किया

इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के कामगारों साठ वर्ष की उम्र के बाद तीन हजार रुपये मासिक पेंशन मिलेगी इस योजना से दस करोड़ कामगार लाभान्वित होंगे देश भर में इस योजना की शुभारंभ अवसर का सीधा प्रसारण किया गया बड़ी संख्या में कामगारों ने इस प्रसारण के जरिए प्रधानमंत्री के भाषण को सुना और योजना की जानकारी हासिल की मध्यप्रदेश में भी आज से यह पेंशन योजना शुरू हो गई है भोपाल में आयोजित इस कार्यक्रम में सांसद आलोक संजर और विधायक कृष्णा गौर भी मौजूद थीं प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के विदिशा शिवपुरी खंडवा नीमच और छिंदवाड़ा में भी इस योजना के शुभारंभ अवसर पर बड़ी संख्या में कामगार उपस्थित थे रविशंकर केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर सुरक्षाबलों का मनोबल गिराने का आरोप लगाया है उन्होंने आज नई दिल्ली में पत्रकारों से चर्चा करते हुये पुलवामा आतंकी हमले को कथित रूप से दुर्घटना बताये जाने के लिये कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह कड़ी आलोचना की रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस को सुरक्षाबलों पर भरोसा नहीं है इसलिये बालाकोट में वायुसेना की कार्यवाही पर भी सवाल उठा रही है

किसानों की कर्जमाफी के बाद सरकार की मुख्य प्राथमिकता किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य है उन्होंने आज विदिशा में आयोजित एक कार्यक्रम में किसानों को कर्ज माफी के प्रमाणपत्र वितरित किये मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने और रोजगार के नये अवसरों के लिये सरकार ठोस प्रयास कर रही है हमारे संवाददाता ने बताया कि विदिशा जिले में दो लाख सैंतीस हजार नो सौ तेईस किसानों का ऋण माफ किया गया है

किसान समृद्धि सहकारिता मंत्री डॉ गोविंद सिंह ने कहा है कि कृषि और सहकारिता क्षेत्र में किसानों की ख्शहाली सरकार का मुख्य ध्येय है इसके पहले कदम के रूप में राज्य सरकार ने किसानों का दो लाख रूपये तक कर्ज माफ कर दिया है वहीं उनके हित में कई कदम उठाये हैं उन्होंने आज भोपाल में किसान स्मृति कार्यक्रम का श्भारंभ करते हये कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलें वे आत्मनिर्भर हो इसके लिये तेजी से काम किया जा रहा है कृषि मंत्री सचिन यादव ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया इस अवसर पर किसान समृद्धि कार्यक्रम का ई अनावरण भी किया राज्य सहकारी विपणन संघ की प्रबंध संचालक स्वाति मीणा नायक ने बताया कि कार्यक्रम में एनसीडीसी योजनाओं का प्रस्तुतिकरण भी किया गया

इसमें बिजली चोरी और अनियमितताओं के प्रकरण को समझौते के माध्यम से निपटारा किया जाएगा कंपनी द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की गई है कि वे अप्रिय कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करें मध्य क्षेत्र विद्यत वितरण कंपनी ने समझौता शर्तो का मसौदा भी जारी कर दिया है सौभाग्य योजना ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर बिजली योजना में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को सम्मानित किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अन्य योजनाओं और कार्य करने वाले आधिकारियों और कर्मचारियों को पूरस्कृत किया जायेगा

भारत सरकार ने मध्यक्षेत्र विद्युत कंपनी और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को सौ सौ करोड़ रूपये का प्रथम पुरस्कार दिया गया था

चिकित्सा शिक्षा मंत्री विजय लक्ष्मी साधौ भी मौजूद थीं

जबकि अब तक यह पद संभाल रहे विनीत तिवारी को गौहरगंज का एसडीएम बनाया गया है